राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन शिमला में अब से कुछ देर पहले हुए एक सादे व गरिमामय समारोह में न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन को पद व गोपनियता की शपथ दिलाई न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन इससे पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी ग्राम पंचायत प्रधानों को बरसात में वर्षा जल संग्रहण व संरक्षण के लिए एक पत्र लिखा है जिसे आज ग्रामसभा की बैठकों में पढ़ा जाएगा प्रधानमंत्री ने इसे जन आंदोलन का रूप देने को कहा है मख्यमंत्री प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़कों पर ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर इनके सुधार के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कल शिमला में एक बैठक में कहा कि राज्य में नई सड़कों का निर्माण कार्य सड़क सुरक्षा ऑडिटर की स्वीकृति के बाद ही किया जाएगा जयराम ठाक्र ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक व्यस्त सड़कों और वाहनों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा धूमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिमला स्थित आरट्रेक को शिमला से मेरठ स्थानांतरित न करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि शिमला करीब डेढ़ सौ वर्षों से भारतीय सेना का रणनीतिक केंद्र रहा है और आरट्रैक मुख्यालय के विस्तार के लिये यहां आवश्यक भूमि उपलब्ध है धूमल ने कहा कि इसे स्थानांतरित करने से स्थानीय लोगों का रोजगार भी प्रभावित होगा उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया है

प्रदेश द्रसंचार परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक पीके जैन ने कल शिमला में एक पत्रकार वार्ता में ये बात कही उन्होंने कहा कि निगम ने उपभोक्ताओं के लिये कई तरह के किफायती और आकर्षक प्लान बाजार में उतारे हैं इस अवसर पर बीएसएनएल द्वारा शुरू की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया हज यात्री हिमाचल से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए नाहन नालागढ़ चंबा और शिमला में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे

राज्य बिजली बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि जलाशय से गाद निकालने के लिये बांध के सभी द्वार खोले जाएंगे ऐसे में ब्यास नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो सकती है प्रवक्ता ने स्थानीय लोगों और सैलानियों से नदी के समीप न जाने की अपील की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर समाचार पत्रों ने आज भी बंजार बस हादसे से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है मैजिस्ट्रियल जांच के लिये कमेटी गठित एक सप्ताह में देगी रिपोर्ट अमर उजाला का शीर्षक है लारजी में खराब हो गई थी बस मना करने पर भी ले गया चालक दैनिक भास्कर के मुताबिक ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश ही नहीं की वरना हादसा न होता ओवरलोडिंग भी बड़ा कारण

हादसे पर मुख्यमंत्री के बयान को आपका फैसला ने सुर्खी दी है ओवर लोडिंग पर होगी सख्त कार्रवाई दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है सड़कों का होगा ऑडिट तबादलों से रोक हटी अब मंत्री बदल सकेंगे शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है सरकार ने क्लास थ्री और फोर के लिये बैन हटाया एक हफ्ते में तबादले के लिये करना होगा आवेदन जबकि अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में तबादलों पर लगी रोक हटी योग पर दैनिक जागरण मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है शुरू होगा योग विषय बीमारियों से दूर रहने के लिये हर दिन करें योग

दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल में महंगी हो जाएगी बिजली घरेलू से व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर पड़ेगा खासा असर